ऊना जिला व पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कल शाम शिमला में हुई इस बैठक में पपरोला होली उत्सव को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल ने निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक को फिलहाल टाल दिया है और शिक्षा विभाग को नए सिरे से विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं

इसके अलावा सदन में अन्य विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर ने शिमला जिला ग्रामीण कांग्रेस कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है

उन्होंने कहा कि अब नये सिरे से पार्टी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र और मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल का शीर्षक है जनरल श्रेणी के गरीब भी शगुन योजना में शामिल दैनिक जागरण के शब्द हैं अब हर गरीब की बेटी को मिलेगा शगुन आपका फैसला के अनुसार सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट डेमोकेसी हिमाचल का कहना है हिमाचल में सामान्य श्रेणी के गरीबों को भी मिलेगा शगुन योजना का लाभ मंत्रिमंडल के फैसले को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर मैड़ी मेले पर रोक दैनिक जागरण के शब्द हैं ऊना के बाबा बड़भाग सिंह मेले पर रोक दैनिक भास्कर का कहना है बढ़ते संकमण पर नजर रखेगी सरकार चार दिन बाद बैठक में की जाएगी समीक्षा अमर उजाला लिखता है निजी स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक टाला बजट सत्र में पेश होने पर संशय दिव्य हिमाचल के अनुसार कैबिनेट में सिरे नहीं चढ़े विधेयक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से हिमाचल दस्तक लिखता है पंजाब की रिपोर्ट आने पर देंगे वेतन आयोग

नमस्कार